विपक्षी देलों ने कोरोना के मद्देनजर मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या और कम करने को कहा

कल से ही नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू

भाजपा जदयू और लोजपा के साथ बातचीत के बाद सीटों की करेगी घोषणा

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने राज्य के दौरे पर आये चुनाव आयोग के पूर्ण दल के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई पटना में आयोजित बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं ने विधानसभा चुनाव निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिये अपने अपने सुझाव दिये हैं सभी दलों ने चुनाव के दौरान कोविड उन्नीस से बचाव के लिये पुख्ता इंतजाम करने का अनुरोध आयोग से किया है राजद ने कहा है कि मतदान का समय बढ़ाकर बारह घंटे किया जाना चाहिए साथ ही एक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या एक हजार की जगह सात सौ पचास निर्धारित की जाये वहीं लोजपा और रालोसपा ने बूथों पर भीड़ प्रबंधन के लिये मतदाताओं की संख्या में कमी करने का अनुरोध किया है भाजपा ने अपने सुझाव में कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में मतदान से चौबीस घंटे पहले नाव परिचालन पर रोक लगा देनी चाहिए जदयू ने अनुरोध किया है कि उम्मीदवारों के नामांकन पत्र ऑनलाईन भरने में आयोग की ओर से ही व्यवस्था की जाये इधर जन अधिकार पार्टी ने पंचायत चुनाव के आधार पर ही मतदान केन्द्र सुनिश्चित किये जाने का सुझाव दिया है बाद में आयोग ने पटना सहित छब्बीस जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ भी बैठक कर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया कल निर्वाचन आयोग की टीम गया जायेगी जहां बारह जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों को लेकर चर्चा की जायेगी दिल्ली लौटने से पहले आयोग का दल राज्य के मुख्य सचिव गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ समीक्षा बैठक करेगा निर्वाचन आयोग ने राज्य के उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी को उनके पद से हटा दिया है आयोग की आज हुई समीक्षा बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव में शराब की आवाजाही रोकने और अन्य निरोधक कार्रवाई के संबंध में प्रभावी कार्ययोजना नहीं पेश करने के कारण उत्पाद आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की गयी है पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में लक्ष्मीपुर जांच चौकी के पास तलाशी के दौरान एक वाहन से बीस लाख रूपये जब्त किये गये हैं बरामद राशि के स्रोत की जांच की गयी इसके बाद मामले को आयकर विभाग को सौंप दिया गया है गौरतलब है कि चुनाव के दौरान धनबल के दुरूपयोग को लेकर सर्विलांस टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है वहीं उत्पाद विभाग ने कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र में नौ सौ लीटर विदेशी शराब जब्त की है बिहार में शांतिपूर्वक च्रनाव सम्पन्न कराने के लिये झारखंड से सटे इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय किया गया है इस संबंध में मगध के प्रमंडलीय आयुक्त असंगबा चुवा आओ की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गयी बैठक में मगध रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राकेश राठी के अलावा गया औरंगाबाद नवादा जिले तथा झारखंड राज्य के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों ने भाग लिया इसके अलावा बैठक में कालेधन और शराब की आवाजाही रोकने के लिये सघन गश्त और जांच करने का निर्णय किया गया है राज्य के दो प्रमुख गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को निर्णायक रूप देने के लिये वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं गौरतलब है कि अब तक दोनों गठबंधनों में सीटों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पायी है इधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि एक दो दिनों के भीतर सीटों पर फैसला हो जायेगा उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू और लोजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे एनडीए में भाजपा जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और मंगल पांडेय ने दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की इधर महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच भी सीटों के तालमेल पर कोई फैसला नहीं हो पाया है पार्टी की स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक दिल्ली में हुई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि जिन लोगों ने चुनाव लड़ने के लिये आवेदन किया है उम्मीदवार के रूप में उनके नाम पर चर्चा की गयी गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल इस गठबंधन में वाम दलों को भी शामिल करना चाहता है इसे लेकर सीटों के बंटवारे का मामला अभी फंसा हुआ है इधर भाकपा माले ने अकेले ही चुनावी मैदान में जाने का निर्णय किया है इसके बाद महागठबंधन में भाकपा माले के शामिल होने की उम्मीद लगभग खत्म हो गयी है पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि उनका दल तीस सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगा पार्टी ने तीस सीटों की सूची भी जारी कर दी है कुणाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने अंतिम रूप से राजद से बीस सीटें मांगी थी लेकिन राजद ने इसे स्वीकार नहीं किया उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिये प्रयास किया गया लेकिन यह निर्णायक स्वरूप अंतिम रूप नहीं ले सका अभी अभी प्राप्त खबर के अनुसार भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस सहयोगी दलों जदयू और लोजपा से सीटों के बंटवारे को लेकर पटना में बैठक करेंगे इसके बाद सीटों के तालमेल की घोषणा होने की उम्मीद है लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी पदाधिकारियों से किसी भी स्थिति को लेकर तैयार रहने को कहा है उन्होंने कहा कि पार्टी को सम्मानजनक सीटों से कम मंजूर नहीं है इधर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने जदयू से जहानाबाद की मखदुमपुर सीट अपने प्रत्याशी के लिये मांगी है श्री मांझी इस सीट पर अपने दामाद को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिये अधिसूचना कल जारी की जायेगी इसके साथ ही नामांकन का कार्य भी शुरू हो जायेगा इस चरण में सोलह जिलों के विधानसभा की इकहत्तर सीटों पर अठाईस अक्टूबर को वोट डाले जायेंगे नामांकन पर्चे दाखिल करने की अंतिम तारीख आठ अक्टूबर है नामांकन पत्रों की जांच नौ अक्टूबर को की जायेगी जबकि बारह अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं इस चरण में ज्यादातर सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और अब सुनिये महात्मा गांधी की डेढ़ सौंवीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रंखला के तहत बापू की बात महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा की थी साउंड बाईट एक कौड़ी हम खर्च तो करते हैं लेकिन वो हिन्दुस्तान की झोपड़ियों में जाती है कि नहीं ये देखना है मेरे लिए तो वही हिसाब होता है कि हम पैसे लेते हैं करोड़ों रुपये हिन्दुस्तान की झोपड़ियों में से आता है तो वहां उसमें से हम कितना मेजते हैं और कानून तो ये कहता है सच्चा कानून कि अगर पंचायत राज है लोगों के नाम से ही राज चलता है लोगों के काम से ही राज चलता है तो लोगों के पास से पैसा तो लेना ही पडेगा लेकिन वो पैसा लेते हैं उससे दस गुना उसके घर में जाना चाहिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज लालकृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी कल्याण सिंह उमा भारती सहित सभी बत्तीस आरोपियों को बरी कर दिया है सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले अपना फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि विध्वंस का काम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था आरोपी खुद भीड को शांत करने का प्रयास कर रहे थे

इस मामले का फैसला सुनाने के लिए विशेष जज सुरेन्द्र कमार यादव को रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार दिया गया था और जल्दी फैसला आ सके इसके लिए पिछले दो सालों से हर दिन मामले की सुनवाई की जा रही थी सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले का स्वागत किया है एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि इस निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि न्याय की सदैव जीत होती है लालकृष्ण आडवाणी ने विशेष अदालत के फैसले का हार्दिक स्वागत किया है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस फैसले ने रामजन्म भूमि आंदोलन के प्रति उनके तथा भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर मोहर लगाई है मुरली मनोहर जोशी ने भी फैसले का स्वागत किया है साउंड बाईट इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन हमारे कार्यक्रम किसी षडयंत्र के तहत नहीं थे

इससे हम सब प्रसन्न है देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होने चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए प्रदेश में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर लगभग तिरानवे प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में एक लाख उनहत्तर हजार से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं फिलहाल बारह हजार तीन सौ छिहत्तर लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है इधर राज्य के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के एक हजार चार सौ पैंतीस नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख बयासी हजार नौ सौ छह हो गया है अब तक महामारी से राज्य में नौ सौ चार लोगों की मृत्यु हुई है देश भर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड उन्नीस से अस्सी हजार चार सौ बहत्तर लोग संक्रमित हुए हैं इसके साथ ही संक्रमितों का आंकडा बासठ लाख को पार कर गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर इक्यावन लाख सतासी हजार आठ सौ पच्चीस हो गयी है उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड उन्नीस महामारी और देश के विभिन्न भागों में बाढ़ को देखते हुए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने से इन्कार कर दिया है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब चार अक्तूबर को ही होगी मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है इसके कारण सिकंदरपुर में कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है जिले के कटरा औराई और गायघाट प्रखंडों में कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है कैमूर जिले में पुलिस ने कट्टर नक्सली बीरबल कहार को गिरफ्तार किया है वह उन्नीस वर्ष से फरार था नालंदा जिले के जाने माने राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी धीरज कुमार की आज दीप नगर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में मौत हो गयी

विपक्षी दलों ने कोरोना के मद्देनजर मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या और कम करने को कहा

कल से ही नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू

भाजपा जदयू और लोजपा के साथ बातचीत के बाद सीटों की करेगी घोषणा